अब पूरी क्षमता के साथ चल सकेंगे सिनेमा हॉल

सक्रिय मामलों में लगातार आ रही है कमी बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

शीत लहर से जनजीवन प्रभावित है मौसम विभाग ने भीषण ठंड को देखते हुए पटना भागलपुर मुजफ्फरपुर गया दरभंगा सुपौल समेत बारह जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है विभाग के अनुसार मौसम में बदलाव उत्तर पश्चिम से आने वाली सर्द हवाओं की वजह से हुआ है देश की उत्तरी हिस्सों में हो रही बर्फबारी के कारण दिन के तापमान में कमी आ रही है आकाश के ऊपरी परत पर बादलों के छाये रहने के कारण दिन में धूप कम निकल रही है मौसम विभाग के अनुसार अगले दो तीन दिनों तक भीषण ठंडे से राहत की कोई उम्मीद नहीं है अनेक शहरों का पारा सामान्य से छह डिग्री तक नीचे चला गया है राजधानी पटना में पिछले दो दिनों से हवा की रफ्तार पन्द्रह किलोमीटर प्रति घंटा बनी हुई है इस कारण ठंड बढ़ गयी है कल पटना और गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का अधिकतम और न्यूनतम तापमान एक समान रहा पटना और गया का अधिकतम तापमान अठारह दशमलव आठ और न्यूनतम तापमान पांच दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के आस पास समुद्री तल से डेढ़ किलोमीटर ऊपर चक्रवात का क्षेत्र बना हुआ है इस कारण राज्य भर में घने कोहरे की स्थिति बने रहने की संभावना है घने कोहरे के कारण रेल हवाई और सड़क यातायात प्रभावित हो रहा है कई ट्रेने विलंब से चल रही है वहीं कम दृश्यता के कारण पटना और दरभंगा हवाई अड्डे पर विमानों के उड़ान भरने और उतरने में परेशानी हो रही है गृह मंत्रालय ने कोविड उन्नीस महामारी की निगरानी नियंत्रण और सावधानी के बारे में नये दिशा निर्देश जारी किए ये एक से अट्ठाईस फरवरी तक लागू रहेंगे दिशा निर्देश के अनुसार सिनेमा हॉल पूरे दर्शक के साथ चल सकेंगे इसके साथ ही स्वीमिंग पुल में अब सबको जाने की अनुमति होगी ये दिशा निर्देश पिछले चार महीने से कोविड महामारी से लड़ाई में उपलब्धि को और सुदृढ़ बनाने के लिए जारी किए गए हैं दिशा निर्देशों के अनुसार महामारी पर पूरी तरह काबू पाने तक सावधानी बरतने और निगरानी नियंत्रण तथा मानक संचालन प्रक्रियाओं का कडाई से पालन करने की नीति अपनाने पर जोर दिया गया है गृह मंत्रालय ने कहा है कि जरूरत पडने पर जिलाधिकारी स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों पर विचार करते हुए छोटे स्तर पर सावधानीपूर्वक कंटेनमेंट जोन बना सकेंगे राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारें यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाऐंगे कि लोग मास्क पहनें बार बार हाथ धोयें और सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करें दिशा निर्देश में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी तरह की गतिविधियों की अनुमति दी गई है लेकिन इस दौरान मानक संचालन प्रक्रियाओं का कडाई से पालन करना होगा निर्देश के अनुसार अब संबंधित राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार इस तरह के आयोजनों में लोगों की संख्या निर्धारित की जा सकेगी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार को अट्ठाईस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग तीन लाख लोगों का टीका लगाया गया अपर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर मनोहर अगनानी ने बताया कि अब तक कुल तेईस लाख अट्ठाईस हजार से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं उन्होंने बताया कि कोविड का टीका लगवाने के बाद किसी भी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है प्रदेश में पहले चरण में चार लाख साठ हजार से अधिक स्वास्थकर्मियों को टीका लगाया जाना है राज्य में कुल निबंधित लोगों में से इकसठ प्रतिशत लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी डॉक्टर अब्दुल अली ने कोविड टीका लगवाने के बाद कहा कि उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई है

सक्रिय मामलों में निरंतर कमी आ रही है इस समय विभिन्न अस्पतालों में एक हजार छह सौ तेरह रोगियों का इलाज चल रहा है राज्य भर से कल छियासी संक्रमित लोगों की पुष्टि हुई है राज्य के उन्नीस जिलों से कोविड संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है अब तक दो लाख संतावन हजार एक सौ बाईस रोगी ठीक हो चुके हैं बिहार में अब तक दो करोड सात लाख कोविड जांच की जा चुकी है देश में अब संक्रमण से ठीक होने वालों की दर छियानवे दशमलव नौ एक प्रतिशत हो गई है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक एक करोड तीन लाख उनसठ हजार से अधिक मरीज संक्रमण से ठीक हो चुके हैं देश में कोविड से प्रभावित लोगों की संख्या तेजी से घट रही है इस समय एक लाख छिहत्तर हजार सक्रिय मामले हैं जो कुल मामलों का केवल एक दशमलव छह पांच प्रतिशत है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक एक लाख तीन हजार सात सौ चौबीस लोग इस महामारी का शिकार हो चुके हैं कोरोना महामारी के कारण दारोगा का स्थगित किया गया प्रशिक्षण चार फरवरी से फिर शुरू हो रहा है यह प्रशिक्षण राजगीर और डुमरांव में दिया जायेगा आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रशिक्षण में शामिल होने वाले प्रशिक्षु दारोगाओं को कोरोना जांच की रिपोर्ट लेकर आना होगा शिक्षा विभाग ने कहा है कि जिन नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच नहीं हो पायी है उन्हें वेब पोर्टल पर अपना सार्टिफिकेट अपलोड करना अनिवार्य होगा ऐसे शिक्षकों की संख्या एक लाख से अधिक है विभाग के आदेश का उल्लंघन करने वाले शिक्षकों को बर्खास्त किया जायेगा शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक रंजीत कुमार सिंह ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश भेज दिया है उन्होंने कहा कि अपने प्रमाण पत्र जमा नहीं करने वाले शिक्षकों की सूची पोर्टल पर जारी की जायेगी इन शिक्षकों को विभाग द्वारा तय समय सीमा के अंदर सभी आवश्यक प्रमाण पत्र और नियोजन पत्र को पोर्टल पर अपलोड करना होगा उन्होंने कहा कि विभाग इसके लिए पोर्टल तैयार कर रहा है और प्रमाण पत्र अपलोड करने की तारीख भी शीघ्र घोषित की जायेगी राज्य सरकार ने पचास वर्ष से अधिक आयु के सरकारी सेवकों की कार्यक्षमताओं की समीक्षा के लिए गृह विभाग के तहत समिति का गठन किया है यह समिति अक्षम कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की अनुशंसा नियुक्ति प्राधिकार से कर सकती है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 समूह क के सरकारी सेवकों के कार्यकलापों की समीक्षा के लिये गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव जबकि समूह ख ग और अवर्गीकृत श्रेणी के सरकारी सेवकों के कार्यकलापों की समीक्षा के लिये गृह विभाग के सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार इकतीस जनवरी को दिने के ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की तिहत्तरवीं कड़ी होगी पथ निर्माण विभाग ने बनने वाले एक सौ बीस बाईपास के लिए गाइडलाईन जारी कर दिया है इन बाईपासों का निर्माण दो हजार चौबीस तक कर लिया जायेगा विभाग ने इसके लिए डीपीआर निर्माण की मंजूरी बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को दे दी है राज्य सरकार विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए विभिन्न विभागों में नियुक्ति की प्रक्रिया तेज कर रही है भवन निर्माण विभाग उद्यान प्रमंडल पटना में एक हजार माली की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर रहा है उधर सरकार ने सभी प्रखंडों में एक एक हेल्प डेस्क और हर जिले में एक सामाजिक सुरक्षा कोषांग गठित करने का निर्णय लिया है इनके लिए करीब छह सौ डाटा ऑपरेटर और कार्यालय सहायकों की नियुक्ति संविदा पर की जायेगी डाक विभाग प्रदेश के चिन्हित डाकघरों में आज से मिथिला के प्रसिद्ध मखान के विभिन्न व्यंजनों की बिक्री शुरू करेगा पूर्वी क्षेत्र बिहार के पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि मखान खीर मखान लावा मखान मिल्कसेक फूल मखान और मखान मिनी मंच समेत पच्चीस से तीस प्रकार के व्यंजनों की बिक्री होगी श्री कुमार ने बताया कि पहले चरण में इसकी शुरूआत पटना जीपीओ से होगी और इसके बाद बहुत जल्द अन्य डाकघरों में भी यह व्यवस्था शुरू की जायेगी परिवहन विभाग ने कहा है कि मार्च तक सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैकिंग सिस्टम लगाये जायेंगे केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निर्देश पर राज्य सरकार ने यह आदेश जारी किया है ट्रैकिंग सिस्टम स्कूली वाहनों में भी लगाना अनिवार्य होगा विभाग इसके लिए एक निगरानी कोषांग का गठन करेगा यह नयी व्यवस्था यात्रियों की सुरक्षा को लेकर की जा रही है से कार्य कर रहा ह मुजफ्फरपुर जिले के चक्कर मैदान में आज से सेना में भर्ती अभियान की शुरुआत हो रही है इसमें राज्य के आठ जिलों के लगभग चार हजार अभ्यर्थी भाग लेंगे सेना में बहाली का यह अभियान सताईस फरवरी तक चलेगा इस दौरान तकनीकी जनरल ड्यूटी ट्रेडमैन क्लर्क और अन्य पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जायेगी प्रदेश के आईटीआई में नामांकन के लिए आज एक सौ उनासी केन्द्रों पर ऑनलाईन प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है प्रदेश के नौ जिलों भोजपुर पश्चिम चंपारण दरभंगा कटिहार मध्रबनी मुजफ्फरपुर पटना समस्तीपुर और शिवहर में आठ फरवरी से मिशन इन्द्रधनुष के तहत टीकाकरण अभियान शुरू होगा राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि इस संबंध में जिलाधिकारियों को निर्देश भेज दिया गया है शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि सरकार प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि इसके लिए शिक्षा के बजटीय प्रावधान में राशि बढ़ायी जा रही है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने लाल किले पर उपद्रव की घटना को अपनी सुर्खी बनाया है और इन खबरों को सचित्र प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने किसान आंदोलन की खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है किसानों का संसद मार्च रद्द पर जारी रहेगा आंदोलन इसी अखबार ने गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्यपाल फागू चौहान के संबोधन को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए शीर्षक बनाया है कानून का राज कायम रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता दैनिक जागरण ने कोविड टीकाकरण से जुड़ी खबर का शीर्षक बनाया है आज से हर पीएचसी पर टीकाकरण फ़ंट लाईन वर्करों को दस के बाद दैनिक भास्कर ने पटना स्थित मोइनुलहक स्टेडियम के कायाकल्प की योजना से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है मोइनुलहक स्टेडियम इंटरनेशनल टूर्नामेंट लायक बनेगा चार सौ करोड़ रूपये की लागत से होगा डेवलप इसी अखबार की एक अन्य सूर्खी है पन्द्रह फरवरी के बाद कोविड टीकाकरण के लिए आम लोग भी करा सकेंगे निबंधन प्रभात खबर ने अपनी खास खबर का शीर्षक बनाया है खूले में सिगरेट पीने पर अब लगेगा दो हजार रूपये का जूर्माना और अब अंत में मुख्य समाचार प्रदेश में पड़ रही है कड़ाके की सर्दी

अब पूरी क्षमता के साथ चल सकेंगे सिनेमा हॉल

सक्रिय मामलों में लगातार आ रही है कमी